स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन से मुलाकात की दोनों नेताओं ने मुजफ्फरपूर और गया में दिमागी बुखार के बढ़ते मामलों पर चर्चा की इस अवसर पर बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी उपस्थित थे डॉ वर्धन ने कहा कि सरकार स्थिति की निरन्तर समीक्षा कर रही है उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को निगरानी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सभी सहायता देने का आश्वासन दिया डॉ वर्धन ने कहा कि केन्द्र से रोग विशेषज्ञों की टीम वहां रह रही है और इन मामलों के समाधान के लिए राज्य सरकार की सहायता कर रही है उन्होंने कहा कि इन मामलों के उपचार के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुजफ्फरपुर में बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या और बढ़ाई जाएगी इस बीच इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप जारी है इससे निपटने के लिए मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती की गयी है इंसेफ्लाइटिस से मूजफ्फरपुर में आठ और वैशाली में पांच और बच्चों की मौत हो चूकी है

राजभवन में कुलपतियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कुलाधिपति ने कहा कि शिक्षा के विकास में छात्रों का हित सर्वोपरि है और इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी श्री टंडन ने कहा कि परीक्षा कैलेंडर का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाना चाहिए इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले कर दी जायेगी राज्य के किसानों को सात नये कृषि यंत्रों पर अब पचहत्तर प्रतिशत अनुदान मिलेगा पहले यह अनुदान पचास प्रतिशत ही मिलता था अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को इन यंत्रों पर अस्सी प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा कृषि विभाग ने अनुदान बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है और जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जायेगा राज्य सरकार अभी छिहत्तर प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है केन्द्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान की दर साढ़े छह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने का निर्णय किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार ने ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अंशदान कम करने का ऐतिहासिक फैसला किया है नई दरें अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगी इससे तीन करोड़ साठ लाख कर्मचारियों और बारह लाख पचासी हजार नियोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा मंत्रालय ने कहा है कि अंशदान की दर घटाये जाने से श्रमिकों को राहत मिलेगी और इससे ईएसआई योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में मजदूरों को शामिल किया जा सकेगा इससे अधिक संख्या में कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र के दायरे में लाने में भी मदद मिलेगी इसी तरह नियोक्ताओं के अंशदान में कमी आने से प्रतिष्ठानों का वित्तीय बोझ कम होगा जिससे वे वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनेंगे इससे व्यापार में सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा राज्य के सरकारी कर्मियों की शिकायतों का निपटारा अब साठ दिनों के अंदर हो सकेगा राज्य सरकार लोक शिकायत निवारण अधिकार प्रणाली की तर्ज पर बिहार सरकारी सेवक निवारण नियमावली दो हजार उन्नीस लाने जा रही है सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे संबंधित वेबसाइट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है विभागीय स्तर पर इस प्रणाली को लागू करने की भी तैयारी पूरी कर ली गयी है केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि केन्द्र सरकार सौ दिनों के अंदर एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देगी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार की तीन मुख्य योजनाओं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघु तथा सीमांत किसान पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है इस दौरान बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ गैर रैयती किसानों को भी देने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि बिहार में चालीस प्रतिशत गैर रैयती किसान हैं और इन किसानों को भी योजना का लाभ मिलना चाहिए राजधानी पटना समेत राज्य भर में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर ध्रल भरी आंधी चलने और बारिश की संभावना जतायी है वहीं पटना गया रोहतास औरंगाबाद और नालंदा सहित दक्षिण हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे इस बीच राजधानी पटना में कल तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया कल पटना का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव चार और न्यूनतम तापमान सत्ताईस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया राज्य सरकार सभी जिलों में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला केन्द्र के नये भवन को हाईटेक बना रही है इसके माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति और वितरण की हाईटेक मॉनिटरिंग आसान हो जायेगी नयी व्यवस्था के तहत अनाज के उठाव से लेकर राशन द्वकानों तक पहुंचने और वितरण का पूरा लेखा जोखा रखा जायेगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार नई प्रणाली से खाद्यान्नों की कालाबाजारी पर रोक लगाना संभव हो सकेगा केन्द्र सरकार ने औरंगाबाद से दरभंगा तक की नई सड़क के एलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद कहा कि शेरपुर से छपरा के दिघवारा तक गंगा पर नया पुल बनाने और छपरा मोहनिया सड़क को फोर लेन बनाने की भी कोन्द्र सरकार ने सहमति दे दी है उन्होंने कहा कि गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल का टेंडर पन्द्रह दिनों के अंदर कर दिया जायेगा यह समानांतर पुल फोर लेन होगा और इसके निर्माण में उनतीस सौ करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है राज्य सरकार ने बालू का मूल्य नियंत्रित रखने के लिए सभी जिलों के खनन अधिकारियों को निर्देश दिया है खनन और भूतत्व विभाग ने कहा है कि एक जुलाई से तीस सितम्बर तक राज्य में बालू का खनन नहीं होगा इस दौरान निर्माण कार्य में बाधा न पहुंचे इसलिए अभी तक दस करोड़ सीएफटी बालू का भंडारण कर लिया गया है इसे पन्द्रह करोड़ सीएफटी करने का लक्ष्य रखा गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के बीच हुई बैठक से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है गांधी सेतु के समानांतर पुल का टेंडर पन्द्रह दिनों में इसी अखबार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस बयान को तरजीह दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच मुलाकात की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है इसी अखबार ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है सौ दिन में एक करोड़ किसानों को क्रोडिट कार्ड देगी सरकार दैनिक भास्कर की सुर्खी है कालेजों में सीटें खाली और छात्र सड़कों पर भटकते रहें ऐसा हुआ तो हटाये जायेंगे वीसी प्रभात खबर की सुर्खी है ईएसआई अंशदान छह दशमलव पांच से घटकर चार प्रतिशत हुआ